रूकी हुई नियुक्ति प्रक्रिया फिर होगी शुरू

तीन दिनों तक आसमान में छाये रहेंगे बादल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में सामान्य वर्ग के गरीबों को अगले महीने से दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा श्री कुमार ने कहा कि सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए प्रदेश की सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए बजट सत्र में विधेयक लाया जायेगा उन्होंने इस संबंध में कल पटना में उच्च स्तरीय बैठक की मुख्यमंत्री ने कहा कि महाधिवक्ता के कानूनी परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने का प्रावधान लागू करने के लिये अलग से अधिनियम बनाना आवश्यक है श्री कुमार ने अधिनियम बनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को निर्देश दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने लोकसभा चुनाव को देखते हुये राज्य सरकार को सुरक्षा बंदोबस्त की योजना तैयार करने का निर्देश दिया है वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के दौरान श्री अरोड़ा ने पुलिस को सुरक्षा बलों का आकलन करने और संवेदनशील ब्रथों की सूची तैयार करने को कहा साथ ही पड़ोसी देशों नेपाल और बांग्लादेश से लगे सीमावर्ती इलाकों में चेक पोस्ट की संख्या बढ़ाने और सघन जांच अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है आयोग ने नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती और पेड न्यूज की निगरानी का भी आदेश दिया इसके साथ ही आयोग ने प्रदेश में पहले से मौजूद सीआरपीएफ और एसएसबी की सत्रह कम्पनियों को छत्तीसगढ़ भेजे जाने के आदेश पर रोक लगा दी है वहीं आयोग ने राज्य सरकार को तीन वर्षो से एक ही स्थान पर बने अधिकारियों का जल्द से जल्द स्थानांतरण करने और चुनाव से संबंधित खाली पदों को भी शीघ्र भरने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों में विभागवार आरक्षण को लेकर केन्द्र सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी है अब विश्वविद्यालयों में छह महीने से रूकी नियुक्ति प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो सकेगी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आदेश की समीक्षा की जा रही है इसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया में एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के हितों को सुरक्षित करने के लिए कोई अंतिम फैसला किया जायेगा राज्य सरकार ने कर्मचारियों के पेंशन देने के नियमों में बदलाव किया है नये नियम के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी विभागीय कार्रवाई के दौरान सेवानिवृत होते हैं तो उन्हें पेंशन का लाभ उस समय तक नहीं मिलेगा जब तक जांच प्री नहीं हो जाती है वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत नेपाल बॉर्डर रोड को दो हजार बीस तक पूरा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है रोड और पुल की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के सात जिलों से गुजरने वाली पांच सौ बावन किलामीटर लम्बी इस रोड के लिए जमीन अधिग्रहण में आ रही समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने को कहा वहीं मुख्यमंत्री ने खगड़िया के मानसी से सुपौल के हरदी चौहारा तक जाने वाली राज्य उच्च पथ संख्या पंचानवे के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए रेल मंत्रालय से बातचीत करने का भी अधिकारियों को आदेश दिया है मुख्यमंत्री ने मुंगेर घाट खगड़िया रोड सह प्रल के पहुंच पथ से विस्थापित परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा देने का अधिकारियों को निर्देश दिया भोजपुर जिले के आरा में एक महिला को जिंदा जला देने के प्रयास के मामले में राज्य महिला आयोग ने जिले के आरक्षी अधीक्षक से दस दिनों के अंदर जवाब मांगा है आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्र ने इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई से अवगत कराने का एसपी को निर्देश दिया इधर पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के पति सास और ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है पटना स्थित जैविक उद्यान से पक्षियों के दूसरे नमूनों में बर्ड फ्लू की रिपोर्ट निगेटिव आई है भोपाल स्थिल उच्च पशु रोग सुरक्षा संस्थान भेजे गये छब्बीस नमूनों में एविएन एन्फ्लूएंजा की प्रष्टि नहीं हुई है जैविक उद्यान के निदेशक नंद किशोर ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट के निगेटिव आने के बाद जल्द ही जैविक उद्यान को आम लोगों के लिए खोले जाने पर फैसला किया जायेगा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में सुबह से हल्की ब्रंदाबांदी हो रही है तेज पछ्आ हवा चलने के कारण ठंड में बढ़ोतरी हुई है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले तीन दिनों तक बादल छाये रहेंगे हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों पश्चिम चम्पारण सुपौल सीतामढ़ी और पूर्णियां जिले में आज गरज के साथ बारिश होगी वहीं पच्चीस और छब्बीस जनवरी को राजधानी पटना और आस पास के इलाकों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है इधर विभाग ने पूर्वी चम्पारण पश्चिम चम्पारण गोपालगंज सीवान सारण मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी शिवहर और वैशाली जिले में अगले दो से तीन घंटों के दौरान गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है

प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पुलिस ने नौ तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है बक्सर जिले के ब्रह्यमपुर से पुलिस ने लगभग तेरह हजार बोतल शराब के साथ पांच तस्कर को गिरफ्तार किया है मौके से तीन वाहन भी जब्त किये गये हैं वहीं मुजफ्फरपुर और कटिहार से दो दो शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है इधर दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शौचालय से पुलिस ने पचानवे कार्टन विदेशी शराब बरामद की है बेगूसराय जिले के मंझौल स्थित व्यवहार न्यायालय ने आर्म्स एक्ट मामले में जेल में बंद पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है कटिहार जिले की पाक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ द्रष्कर्म के चार साल पुराने मामले में आरोपी गुलाब मंडल को दस वर्ष कारावास और पचास हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है भोजपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के धरहरा के पास ट्रकों से वसूली करने के आरोप में चार प्रलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है वहीं दो अन्य के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों राजद नेता इंदल पासवान की हत्या के बाद आक्रोशित भीड़ द्वारा दो लोगों की पीट पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने बासठ आरोपियों के घर इश्तेहार चिपकाया है पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र स्थित एक निजी बैंक में पिछले दिनों हुई लूट के मामले में पुलिस ने अमरूदी बगीचा से दो अपराधियों को हथियारों और लूट की रकम के साथ गिरफ्तार किया है सहरसा जिले के नगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत कहरा बाजार से पुलिस ने नकली दवा के कारोबार का भंडाफोड़ करते हुये एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है मौके से पन्द्रह लाख रूपये की नकली दवाएं बरामद की गयी है किशनगंज जिले के दिघलबैंक थाना क्षेत्र अन्तर्गत हरवाडांगा चौक पर एसएसबी के जवानों ने हिरण की सींग के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है जमुई जिले के सिकंदरा थाना हाजत से एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया फरार कैदी की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के जीटी रोड सरैया मड़ैला मोड़ के पास देर रात एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार दो युवकों की मौत हो गयी पुलिस की गाड़ी से एक युवक के घायल हो जाने की घटना से आक्रोशित लोगों ने भोजपुर जिले के इमादपुर थाना पर हमला कर एक जीप में आग लगा दी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक किये जाने के दावे के बाद पक्ष और विपक्ष के बयानों को अधिकतर समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है लंदन में शुजा के दावे पर विपक्ष बोला जांच हो सरकार ने कांग्रेस की साजिश बताया दैनिक भास्कर की सुर्खी है ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले साईबर एक्सपर्ट पर चुनाव आयोग ने दर्ज कराया केस दैनिक जागरण ने लिखा है फरवरी में नीतीश लायेंगे सवर्ण आरक्षण विधेयक प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है सरकार जल्द ही चिप वाला पासपोर्ट करेगी जारी राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है प्रदेश के दो करोड़ अड़तालीस लाख किशोर किशोरियों में खून की कमी आज लिखता है पटना के गंदे पानी से होगा खेतों में पटवन तीन सौ पचास करोड़ रूपये की योजना तैयार

रूकी हुई नियुक्ति प्रक्रिया फिर होगी शुरू

तीन दिनों तक आसमान में छाये रहेंगे बादल